स्मृति ईरानी आज शिमला के रिज मैदान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुरू किए गए मिशन साहसी अभियान के तहत आयोजित मेगा प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि मिशन साहसी से जुड़ी हर लड़की को कम से कम एक लड़की को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक और कुशल बनाना चाहिए स्मृति ईरानी ने देशभर में शुरू किए गए मिशन साहसी अभियान को घर घर तक पहुंचाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि अपराध से लड़ने के लिए लड़की के संघर्ष में उसने परिवार व समाज का सहयोग सबसे जरूरी है

इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कुल्लू की एसपी शालिनी अग्निहोत्री और भारतीय सेना में मेजर छवि सक्सेना भी मौजूद थी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा पीढ़ी से नशे जैसी बुरी आदत से दूर रहने का आहवान किया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ अध्यापकों को विद्यार्थियों के चरित्र पर ध्यान रखना चाहिए ताकि छात्र नशे की लत में न पड़ सके उन्होंने सभी से नशे जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए सभी के सहयोग का आहवान किया बीते दिनों क्षेत्र में हुए एक बच्चे अपहरण व हत्या मामले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं और इस शांति प्रिय प्रदेश में कानून व्यवस्था को ओर सुदृढ़ किया जाएगा ताकि इस तरह के वाक्यों की दूसरी बार पुर्नावृति न हो सके

उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास योजना शुरू की गई है जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक खेल मैदान विकसित किया जाएगा

हॉकी का जिक करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ये राष्ट्रीय खेल पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है और इस खेल के जादुगर मेजर ध्यानचंद के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेकर समर्पण की भावना से खेलना चाहिए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

नमस्कार